एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में आज तड़के राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के बाद भाजपा नेता देवेन्द्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों नेताओं को मुम्बई में राजभवन में एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई शपथग्रहण समारोह के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री फड़नवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने चुनाव में स्पष्ट जनादेश दिया था लेकिन शिवसेना ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ की कोशिशें कीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है न कि खिचड़ी सरकार की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देवेन्द्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बधाई दी है एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई सरकार महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत से कार्य करेगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि शिवसेना ने गठबंधन से अलग होकर विश्वासघात किया है

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को शुभकामनाएं दी हैं श्री योगी ने ट्वीट कर बधाई दी और विश्वास जताया कि श्री फड़नवीस और श्री पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा इस बीच राष्ट्रवादी कांप्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन के लिए भाजपा को समर्थन देने का फैसला उनके भतीजे अजित पवार का व्यक्तिगत निर्णय है

रक्षा मंत्री आज लखनऊ में रक्षा लेखा पेंशन महानियंत्रक द्वारा आयोजित एक सौ बहत्तरवीं पेंशन अदालत के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे सभी प्रयास कर रही है कि पूर्व सैनिकों को पेंशन पाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि देश को उन पर गर्व है उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन संबंधी मामलों के निपटारे के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है दो दिनों तक चलने वाली पेंशन अदालत में प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से पूर्व सैनिक अपनी पेंशन संबंधी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे इसका प्रसारण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के साथ ही समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर पर उपलब्ध होगा इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जायेगा प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा दस्ता तैनात किया जाएगा और नई बाघ सुरक्षा नियमावली भी लागू की जाएगी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने प्रदेश सरकार को तीन दिसंबर तक बाघ सुरक्षा नियमावली तैयार कर अदालत में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं उच्च न्यायालय ने यह निर्णय एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया याचिकाकर्ता ने प्रदेश में बाघ सुरक्षा नियमावली लागू करने और विशेष बाघ सुरक्षा दस्ता तैनात करने की मांग की थी प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ सुरक्षा नियमावली लागू न होने के कारण बाघों की सुरक्षा संकट में है न्यायालय ने नियमावली तैयार करने के लिए सरकार को सिर्फ दस दिन का समय दिया है जबकि सरकार की तरफ से तीन माह का समय मांगा गया था

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील क्मार सिंह ने बताया कि परिवार के छह सदस्य कार से दिल्ली से एटा जा रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग इक्यानवे पर हिम्मतपुर ईंट भट्टा गांव के निकट उनकी कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गयी टक्कर के बाद कार में आग लग गई जिससे कार में बैठे पांच लोगों की झुलसकर मृत्यु हो गयी दुर्घटना में केवल पंद्रह वर्षीय किशोरी जीवित बची है जिसे गंभीर हालत में आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है